मुख्यमंत्री ने आज वीडियों कॉन्फ्रैंस के माध्यम से मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के सरोआ खंड के पन्ना प्रमुखो को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न रेड जोन क्षेत्रों से हिमाचल आ रहे लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करे की उनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे जयराम ठाकुर ने कहा कि निगाह टीम दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के घर का दौरा कर यह सुनिश्चित करें कि होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों के घर में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का एक और मामला सामने आया है ज़िला बिलासपुर के बड़सर उपमंडल की दांदडु पंचायत के तेच्छ गांव में एक व्यक्ति के इस वायरस से संक्रमित होने की पूष्टी हुई है

इसके साथ दो अन्य लोग भी मुम्बई से वापिस लौटे थे जिनमें से एक दांदड़ पंचायत के ही कुनवीं गांव का जबकि दूसरा नादौन उपमंडल की पतरैल पंचायत से है

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीण उद्यमिता कोरोना संकट से निपटने में कारगर साबित होगी और केंद्र सरकार का आर्थिक पैकेज इस दिशा में उठाया गया एक सही कदम है

उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से वापिस लौटे प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में पशुपालन स्वरोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकूर ने हाल ही में बाहरी राज्यों से आए प्रदेश के लोगों से क्वारंटीन के नियमों की ईमानदारी से अनुपालना करने की अपील की है आज कुल्लू जिला के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों के निरिक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों में रह रहे प्रदेश के लोगों को वापिस लाने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से काम किया है और अब कोरोना को रोकने के लिए इन लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है उन्होंने मनाली में अलेऊ पुल के समीप बन रही बाईपास सड़क निर्माण कार्य का निरिक्षण भी किया और इस संबंध मे अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए

उन्होंने फसलोत्तर प्रबंधन व खाद्य विधायन और प्राथमिक कृषि समितियों के लिए बेहतर कृषि अधोसंरचना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है

राठौर ने पत्रकारों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन की कमियों को सामने लाना आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है ऐसे में ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित और द्वेषपूर्ण है

उन्होंने इन क्षेत्रों के विद्यालय प्रमुखों से आग्रह किया है कि इन परीक्षार्थियों के प्रैक्किल विषयों के अंक अर्ध वार्षिक व प्री बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त किये गए अंकों के आधार पर दिए जाएं रोहतांग दर्रा सीमा सड़क संगठन ने रोहतांग दर्रे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है